मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए निरंतर कार्य करना है उन्होंने कहा कि उन्होंने मंत्रियों से विभागीय अधिकारियों विषय विशेषज्ञों प्रबुद्धजनों की सहायता से इसके लिए रोडमैप तैयार करने को कहा है वहीं इस संबंध में जनता से प्राप्त सुझावों का भी अध्ययन किया जाये कल मंत्रालय में राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच विभाग वितरण के बाद सम्पन्न पहली कैबिनेट बैठक में कई अन्य फैसले भी लिए गए राजस्थान कांग्रेस कांग्रेस ने राजस्थान में सचिन पायलट को उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कंग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया है उनके स्थान पर गोविंद सिंह दोस्तरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है

इसके बाद ग्वालियर में आज शाम से एक सप्ताह तक प्री तरह लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है इस दौरान किसी भी तरह के समारोह का आयोजन नहीं होगा जिले की सीमाएं भी सील रहेंगी

वहीं बालाघाट जिले में तीन लोगों को स्वस्थ्य होने पर अस्पताल से छट्टी दे दी गई है

मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ ए एल शर्मा ने बताया कि कोरोना मरीज सामने आने के बाद लोगों के सैंपल की संख्या बढ़ाई गई है और लोगो को जागरूक किया जा रहा है

अगले दिन विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा

मौसम राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर जारी है भोपाल में कल दिनभर उमसभरी गर्मी के बाद शाम को तेज बारिश हुई

भोपाल जबलपुर और होशंगाबाद रीवा शहडोल उज्जैन इंदौर संभागों के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी भी दी है उमरिया जिले मे गरज के साथ रिमझिम बारिश का दौर जारी है बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली

नमस्कार